लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल से नामांकन हुआ शुरू पहले चरण में नाम वापसी के बाद छियान्नबे प्रत्याशी चुनाव मैदान में राज्य में दूसरे चरण की आठ लोकसभा सीटों के लिए जांच के बाद इक्यानबे नामांकन पाये गये सही आज नाम वापसी की आखिरी तारीख मुजफ्फरनर तथा जौनपुर जिलों में कल हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत दो दर्जन घायल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नारेबाजी न करके निर्णायक कार्य किए हैं कल मेरठ में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज में या देश र्क किसी भी कोने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास का लाभ न पहुंचा हो श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य पर चलते हुए नये भारत के निर्माण के लिए काम किया है हमारा विजन नए भारत का है ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अुनरूप ही वैभवशाली होगा एक ऐसा नया भारत जिसकी नयी पहचान होगी जहां सुरक्षा समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे सुरक्षा देश के दुश्मनों से सुरक्षा आतंकवाद से सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है जमीन हो आसमान हो या फिर अंतरिक्ष सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने सिखाया चार दशक से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया विपक्ष की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के विकास के लिए काम किया है जबकि विपक्ष के पास विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को राजनीतिक अवसरवादिता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर लोगों ने इन्हें चुना तो उत्तर प्रदेश में फिर से अपराध बढ़ेंगे और विकास थम जाएगा स्वयं को चौकीदार बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और हर नागरिक के लिए बैंक खाता खोलने की पक्की व्यवस्था की है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है और एनडीए सरकार ने उनके विकास के लिए ऐतिहासिक उपाय किए हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की फसल का सरकारी खरीद मुल्य डेढ़ गुना करने की मांग पूरी कर दी है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश के गरीबों के साथ धोखा किया है कल ही प्रधानमंत्री उत्तराखण्ड के रूद्रपुर में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच हर मौसम के अनुकूल सड़क और रेल सम्पर्क स्थापित करने का कार्य यूद्वस्तर पर चल रहा है प्रधानमत्री ने राज्य की पिछली कांग्रेस सरकारों पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जम्मू के अखनूर में एक अन्य सभा में कहा कि राज्य के करीब बीस हजार युवाओं को अर्धसैनिक बलों में रोजगार दिया गया है कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से साढ़े चौदह रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने के उद्देश्य से हर साल साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी वाली चीनी खरीदने की योजना खत्म कर दी हैं

वहीं प्रधानमंत्री की इस रैली के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टवीटर पर अपने बयान में कहा कि वास्तव में बीजेपी जनता को पांच सालों से सिर्फ सपना दिखा रही है कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में तीन दिन के चुनावी दौरे पर हैं कल उन्होंने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की उनका आज फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र जाने का भी कार्यक्रम है लोकसभा च्नाव के तीसरे चरण में प्रदेश की दस सीटों पर होने वाले मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रकिया शुरू हो गयी जो चार अप्रैल तक चलेगी

उन्होंने बताया कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया कम्यूनिस्ट पार्टी से विजय पाल सिंह और ऑवला से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश पाल ग्प्ता ने अपना नामांकन पत्र भरा नामांकन पत्रों की जाच पांच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू ऑवला बरेली और पीलीभीत संसदीय क्षेत्रों में तेईस अप्रैल को मतदान होगा लोकसभा च्नाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने के अंतिम दिन कल कैराना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नाहिद हसन ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है जिसके बाद अब इस चरण में कुल छियान्नबे प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब सहारनुपर में ग्यारह कैराना में तेरह मुजफ्फरनगर में दस बिजनौर में तेरह मेरठ में ग्यााह बागपत में तेरह गाजियाबादमें बारह और गौतमबुद्वनगर में तेरह प्रत्याशी मैदान में रह गये हैं पहले चरण का मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा

प्रदेश में कल हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गयी और दो दर्जन लोग घायल हो गये मुजफ्फरनर जिले के रतनपूरी थाना क्षेत्र में रामपूर कांटे के पास यात्रियों से भरी जीप कल शाम लकडी से भरे ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर के बाद पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जीप में तीस लोग सवार थे घायलों में पांच लोगों की हालत नाजुक बनी है उधर जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में जगदीशपुर रेलवे कासिंग के पास कल शाम एक दुकान में ऑक्सीजन सिलेण्डर के फटने से पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है